कल पन्ना जिले की कार्यकर्ताओं से वीडियो कांफ्रेस के जरिये बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में जहां मोबाइल के उपयोग और डिजिटल इण्डिया की अवधारणा पर प्रश्नचिन्ह लगाये जाते हैं ऐसे में पन्ना जिले की आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं ने यह साबित किया है कि पन्ना जिला वास्तव में हीरे जवाहरात के समान है प्रधानमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता फूलकली प्रजापति के डिजिटल कौशल की विशेष रूप से सराहना की उन्होंने इस बात पर भी प्रसन्नता जताई कि महिलाओं और बच्चों में पोषण जागरुकता के लिए इन कार्यकर्ताओं द्वारा मोबाइल का उपयोग किया जा रहा है पुरस्कार ग्रामीण विकास गतिविधियों में उल्लेखनीय प्रगति पर मध्यप्रदेश को नौ राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कल नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में ये पुरस्कार प्रदान किये ग्रामीण आजीविका के लिए मध्यप्रदेश राज्य मिशन संचालक एल एम बेलवाल राजमिस्त्री प्रशिक्षण में उल्लेखनीय कार्य के लिए जबलपुर के संचालक संजय कुमार सर्राफ ग्राम स्वराज अभियान में अभूतपूर्व योगदान के लिए राजगढ़ जिले और ग्रामीण डाक सेवा के बेहतर प्रशासन के लिए सागर संभाग के राम प्रसाद अहिरवार को पूरस्कत किया गया मध्यप्रदेश ग्राम सड़क प्राधिकरण को तीन और मण्डला जिले की रोजगार सहायक प्रीति परमार को भी मनरेगा में उल्लेखनीय कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है स्वच्छता अपील प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से इसी सप्ताह शनिवार से प्रारंभ हो रहे स्वच्छता ही सेवा अभियान में शामिल होने का आहवान किया है श्री मोदी ने अपने ट्वीट संदेशों में कहा कि यह अभियान राष्ट्रपिता महात्मा गॉधी के स्वच्छता स्वप्न को साकार बनाने के लिए एक ऐतिहासिक जन आंदोलन है प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान में सक्रिय सभी लोगों के योगदान की प्रशंसा करते हुए उम्मीद जताई कि शनिवार सुबह सभी एकजुट होकर स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत करेंगे आधार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने इन खबरों का खंडन किया है कि आधार पंजीयन सॉफ्टवेयर को हैक किया जा रहा है प्राधिकरण ने इन खबरों को पूरी तरह से गलत और गैर जिम्मेदाराना बताया है एक बयान में प्राधिकरण ने कहा कि कुछ स्वार्थी तत्व जानबूझ कर लोगों में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जो अनुचित है प्राधिकरण ने यह भी कहा कि आधार कार्ड के साथ छेड़छाड़ कर अनेक आधार कार्ड बनाए जा सकने का दावा भी पूरी तरह निराधार है प्राधिकरण ने कहा कि आधार में किसी भी निवासी के विवरण की सुरक्षा का शुरू से आखिर तक पुख्ता प्रबंध किया गया है जिससे इसके साथ छेडछाड नहीं की जा सकती बिजली योजना प्रदेश के दो और जिलों ने एक साथ शत प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा कर लिया है

आधिकारिक जानकारी के अनुसार मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के राजगढ़ और श्योपुर जिले में शत प्रतिशत विद्युतीकरण का कार्य भी कर लिया गया है योजना में शेष बचे घरों को आगामी अक्टूबर तक विद्युतीकृत किए जाने का लक्ष्य है प्रदेश में केन्द्र और राज्य सरकार की प्रभावी पहल पर ऐसे सभी घरों में बिजली कनेक्शन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं जो वर्षो से रोशनी से वंचित थे

इसके लिए डिप्टी कलेक्टर अनुभा जैन को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है सुश्री जैन ने हमारे संवाददाता को बताया है कि पर्यटन पर्व के दौरान हर दिन अलग अलग प्रतियोगिताएं आयोजित की जायेंगी

संक्षिप्त समाचार मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत कल सतना जिले के दो सौ तीर्थयात्री रामेश्वरम यात्रा के लिए रवाना होंगे